प्रदेश में सोलह दिनों का लॉकडाउन लागू

अब तक एक सौ अस्सी लोगों की महामारी से मौत

और प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी

पूरे प्रदेश में आज से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है यह इकतीस जुलाई तक लागू रहेगा सोलह दिन की इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय निजी कार्यालय प्रतिष्ठान शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे वहीं सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक रहेगी लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिये विभिन्न जिलों में पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है लॉकडाउन के प्रावधानों में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी सार्वजनिक बस सेवाओं का परिचालन भी इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा इस दौरान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग और एटीएम सेवाएं नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं विद्यूत विभाग पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे फल सब्जियों तथा मांस मछली और अंडे की दुकानें सुबह और शाम के समय एक निश्चित अवधि के लिए खूलेंगी वहीं डेयरी और किराना दुकानें पूर्व की तरह खुली रहेंगी दवा दुकानें पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवा पर रोक नहीं लगायी गयी है टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा जबकि लोग अपने निजी वाहन से अति आवश्यक काम होने की रिथति में ही बाहर निकल सकते हैं एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिये ई पास लेना आवश्यक होगा लॉकडाउन में सामानों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी आज लोगों के लिये फलसब्जी दूध मछली मांस और अन्य जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिये सुबह छह बजे से लेकर दस बजे तक और शाम चार बजे से लेकर सात बजे तक लॉकडाउन में ढील दी गयी है ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी गयी है लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से जुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है वहीं रेस्तरां भोजनालय और ढाबे से होम डिलिवरी की सुविधा मिलती रहेगी निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है खेती बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज की दुकान के अलावा पशु आहार से जुड़े दुकान भी खुले रहेंगे गैराज मोबाईल मरम्मत और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने के लिये प्रशासन से अनुमति लेनी होगी विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है इक्के दुक्के वाहनों को छोड़कर सड़कों पर आवाजाही दिन के समय बंद रही बिना काम के बाहर निकलने पर कई लोगों से जुर्माना वसूला गया वहीं बिना मास्क के पकड़े जाने पर आज सैंतीस हजार लोगों से अठारह लाख तिरसठ हजार रूपये से अधिक दंड वसूला गया नियमों के उल्लंघन के मामले में एक जुलाई से अब तक राज्य में दो करोड़ अंठावन लाख जुर्माना वसूला गया है शेखपुरा जिले में ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है आज तेरह सौ पचासी नये मामलों की पुष्टि हुई जिसके बाद राज्य में संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर इक्कीस हजार पांच सौ अंठावन हो गया है पिछले पांच दिनों में पांच हजार से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें से तेरह हजार पांच सौ तैंतीस लोग स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके हैं राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक मामले पटना जिले से दर्ज किये गये हैं जहां पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ अठहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो हजार आठ सौ उनासी हो गया है इस महामारी से प्रदेश में अब तक एक सौ अस्सी लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना के बाद सबसे अधिक तिरानवे नये मामले नालंदा अड़सठ मामले मुजफ्फरपुर और तिरेसठ मामले सीवान जिले से सामने आये हैं वहीं पश्चिम चंपारण भागलपुर जमुई और भोजपुर जिले से पचास से अधिक नये मामलों की पुष्टि हुई है शेखपुरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं महामारी की पुष्टि के बाद उन्हें क्वारेंटीन कर दिया गया है और एसडीपीओ कार्यालय को बंद कर दिया गया है इधर नालंदा जिले में बेन प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी सहित दो स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित हो गये हैं रेलवे ने कोविड महामारी के इलाज में अस्पताल और बेड की कमी को देखते हुए रेलगाड़ियों को कोविड केयर कोच के रूप में बिहार के पंद्रह स्टेशनों पर लगाने का फैसला किया है हर स्टेशन में बीस बीस की संख्या में तीन सौ आइसोलेशन कोच खड़े रहेंगे पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पटना के अलावा सोनपुर नरकटियागंज जयनगर रक्सौल बरौनी मुजफ्फरपुर सहरसा सीवान समस्तीपुर दरभंगा सीतामढ़ी छपरा कटिहार और भागलपुर में इन विशेष रेलगाड़ियों को खड़ा किया जा रहा है इन कोच में इलाज की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड महामारी की स्थिति की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की श्री कुमार ने राज्य में हर दिन कोविड उन्नीस की जांच की क्षमता को बढ़ाकर बीस हजार करने को कहा इसके अलावा उन्होंने जांच की सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर भी शुरू करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कोविड केयर अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा इसके अलावा एहतियात के तौर पर होम आइसोलेशन के लिये लोगों को प्रशिक्षण देने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण का प्रसार एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से होता है जिसने विदेश यात्रा की हो या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो

पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कोरोना के इलाज के लिये पटना सहित कमीशनरी के छह जिलों में विशेष कोषांग का गठन किया है उन्होंने कोविड उन्नीस से स्वस्थ हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि ऐसे लोगों को कोरोना योद्धा के तौर पर प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा इसके अलावा साल भर के भीतर प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार को किसी भी सदस्य के लिये रक्त की आवश्यकता होने पर एक यूनिट खून उपलब्ध कराया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिये वैश्विक समुदाय से ऐसा एजेंडा तैयार करने का आहवान किया है जिससे की इस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके भारतीय यूरोपीय संघ के पंद्रहवें शिखर सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और समृद्धि को आज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है

अच्छी बात है कि हम वर्चअल माध्यम से मिल पा रहे हैं आपके शुरुआती रिमार्कस के लिए मैं आप दोनों महाशयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप की तरह मैं भी भारत और ईयू के सम्बन्धों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ इसके लिए हमें एक दीर्घ कालीन स्ट्रटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की क्ल संख्या छह लाख बारह हजार आठ सौ पंद्रह हो गई है देश में स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड बीस हजार सात सौ तिरासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल देश में कुल तीन लाख इकतीस हजार एक सौ छियालीस संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में कोविड उन्नीस के कुल बत्तीस हजार छह सौ पंचानवे नये मामले दर्ज किये गये हैं अब तक देश में नौ लाख अड़सठ हजार से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं वहीं चौबीस हजार नौ सौ पंद्रह लोगों की मृत्यु हुई है कोविड उन्नीस महामारी के मददेनजर वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिये एनसीसी ने अब कैडेटों के चयन के लिये ऑनलाईन नामांकन होगा इधर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर इकतीस अक्टूबर कर दी गयी है एनसीसी महानिदेशालय ने कहा है कि जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र एनसीसी से संबद्ध नहीं हैं वे भी ओपन यूनिट सिस्टम के तहत नामांकन करा सकते हैं प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना मुंगेर और भागलपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर बढ़ रहा है पटना के गांधी घाट हाथीदह और भागलपुर में जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है वहीं घाघरा नदी के जलस्तर में सारण जिले के छपरा में बढ़ोतरी दर्ज की गयी गंडक नदी मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट में खतरे के निशान से सात सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं ब्रढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया में लगातार बढ़ रहा है पूर्वी चंपारण जिले के लालबगिया घाट में और खगड़िया में नदी का जलस्तर लाल निशान के आसपास दर्ज किया गया है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में अब भी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट में उफान पर है मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में कमला बलान नदी अब भी लाल निशान के ऊपर बनी हुई है जबकि कोसी नदी का जलस्तर सुपौल जिले के बसुआ में कम हुआ है वहीं खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुरसेला में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया जिले मे परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब एक मीटर ऊपर है लेकिन इसमें तेजी से गिरावट हो रही है पश्चिम चंपारण से हमारे संवादददाता ने बताया कि गंडक की सहायक नदी मसान का जलस्तर तेजी से बढ़ा है जिसके कारण रामनगर प्रखंड में भीषण कटाव हो रहा है बाढ़ के कारण खेत में लगी फसल डूब गयी है उधर दरभंगा में बागमती और अधवारा समूह की नदियों से घनश्यामपुर किरतपुर कुशेश्वरस्थान और गौराबोड़ाम प्रखंडों के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की रिथति में सुधार हुआ है बाढ़ वाले इलाके में जिला प्रशासन ने सामुदायिक रसोई घरों का संचालन शुरू कर दिया है वहीं लोगों के इलाज के लिये मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता कम हो गयी है आज से अगले अड़तालीस घंटे तक भारी बारिश से राहत के आसार हैं वहीं अठारह से बीस जुलाई तक नेपाल के तराई से सटे जिलों उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है बीस जूलाई को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सारण सीवान और गोपालगंज में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है

वहीं सुपौल और अररिया जिले में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है राज्य में पंद्रह लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक भूभाग में धान की रोपनी का कार्य प्रा हो गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि धान रोपनी के कुल लक्ष्य का लगभग छियालीस प्रतिशत हासिल कर लिया गया है श्री कुमार ने कहा कि मुंगेर शेखपुरा सहरसा और कटिहार को छोड़कर अन्य चौंतीस जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है जिसके चलते राज्य में धान की अच्छी पैदावार की उम्मीद है प्रदेश में कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और नये प्रभार दिये गये हैं संजय कुमार सिंह को लखीसराय का नया जिलाधिकारी बनाया गया है वहीं स्वप्ना जी मेश्राम को नवगछिया पुलिस जिले का नया एसपी बनाया गया है वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में दो अधिकारियों की तैनाती की गयी है गोपाल मीना और रंजीता को राज्य का अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में सोलह दिनों का लॉकडाउन लागू

अब तक एक सौ अस्सी लोगों की महामारी से मौत

और प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी